अपने कई टवीट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक अंग है लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जनजीवन में व्यवधान लाना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे उन्होंने कहा कि नए नागरिकता कानून का संसद के दोनों सदनों में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों और सांसदों ने समर्थन किया था उन्होंने कहा कि यह कानून सदभाव करुणा और भाई चारे की भारत की सदियों पुरानी संस्कृति को दर्शाता है श्री मोदी ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि इस कानून से देश कि किसी भी संप्रदाय के नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और किसी को चिंतित होने की जरुरत नहीं है उन्होंने कहा कि यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जो वर्षों से दूसरे देश में उत्पीड़न झेल रहे हैं और उनके पास शरण लेने के लिए भारत के सिवाय कोई जगह नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि हम सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करें और विशेषकर गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान करें

प्रशासन ने डिब्रगढ़ में भी दिन का कर्फ्यू समाप्त कर दिया है इससे पहले राज्य के वित्तमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनी के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है उन्होंने बताया कि हाल की हिंसा की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी श्री सरमा ने बताया कि नए कानून के अंतर्गत असम में पांच लाख बयालीस हजार लोगों को नागरिकता मिल सकती है भारतीय सेना के ईस्टर्न एयर कमांड के जी ओ सी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने बताया कि सेना कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग के लिए तैयार है असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंता ने बताया कि राज्य में हिंसा से जुड़ी घटनाओं में एक सौ छत्तीस मामले दर्ज किए गए हैं और हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक सौ नब्बे लोगों को गिरफ्तार किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में ईनर लाईन परमिट लागू है इसलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम का राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम का अध्ययन कर रही है और जल्द ही अधिकारिक रुप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूरे राज्य में इनर लाईन परमिट को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गए है इधर राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपो पर भारी भीड़ और उसके कारन यातायात में हो रही असुविधा को देखते हुए क्षेत्रों के सभी पेट्रोल पंपो को सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खुला रखने का निर्देश दिया है यह आदेश आगामी बाईस दिसंबर तक प्रभावी रहेगा

इस दौरान राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमों और राज्य में पेश आए विभिन्न च्रनौतियों से राष्ट्रपति को अवगत कराया

इस अभियान के तहत करीब करीब पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा अभियान से पूर्व मीडिया कर्मियों की जागरुकता के लिए आज नाहरलगुन में एक कार्यशाला आयोजित की गई

अभी वे उप सेनाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे जनरल बिपिन रावत का स्थान लेंगे जो इस महीने की ईकतीस तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं

इसमें असम मेघालय मणिपुर नागालैंड त्रिपुरामिजोरम और सिक्किम के आकर्षक संस्कृति परंपरा और प्राचीन कला कृति की प्रदर्शित किया गया है उद्घाटन समारोह में बोलते हुए श्री तेदीर ने कहा कि पुरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह अपनी किस्म को पहली संग्रहालय है